कोरोना संक्रमण में बढोतरी जारी है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

मास्क लगायें दो गज की सुरक्षित दूरी बनाये रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसान सम्मान निधि का छोटे और मंझले किसानों को सबसे अधिक लाभ हुआ है

प्रधानमंत्री ने कहा कि देशभर में जैविक खेती को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सचिवालय में वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में शामिल हुए

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है प्रदेश में जैविक खेती की अपार संभावनाएं हैं जिसको लेकर राज्य सरकार व्यापक स्तर पर योजनाएं चला रही है

मुख्यमंत्री ने सस्ते गल्ले की दुकान के बंद रहने से गरीब परिवारों को हो रही परेशानी को देखते हुए मुख्य सचिव को सस्ते गल्ले की दुकानों को खोलने के निर्देश दिये थे मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये हैं मुख्य सचिव के निर्देश पर रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी मनुज गोयल ने बताया कि जिले में कोविड कर्फ्यू के दौरान सभी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकाने अब सुबह सात से दस बजे तक खुली रहेंगी

इस दौरान आवश्यक दुकाने ही खुले रखने के निर्देश दिए गए हैं

बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सैम्पलिंग को बढ़ाया जाये गांव स्तर पर आशा को पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवा ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराएं उन्होने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाये यदि किसी भी प्रकार की लापरवाही प्रकाश आती है तो सम्बन्धित के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी इस बीच उन्होंने विकास भवन स्थित कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और निर्देश दिए कि कंट्रोल रूम में आने वाली प्रत्येक कॉल अटेंड होनी चाहिए और समस्या का समाधान त्वरित किया जाये उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि स्वास्थ्य विभाग कांटेक्ट ट्रेसिंग जारी रखे जिलाधिकारी विनीत तोमर ने सांसद को बताया कि जिले में टीकाकरण का कार्य सफलतापूर्वक किया जा रहा है साथ ही सैम्पलिंग का कार्य भी नियमित रूप से किया जा रहा है वैक्सीनेशन केंद्रों का शुभारंभ संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से शुक्रवार को ऊँचापुल स्थित रामलीला मैदान और हरगोविन्द सुयाल स्कूल में नए वैक्सीनेशन केंद्रों का शुभारंभ किया

उन्होंने बताया कि सरकार का मकसद अधिक से अधिक लोगो को वैक्सीन लगा कर उनकी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना है जिससे वायरस के प्रभाव को शून्य किया जा सके उन्होने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का ईमानदारी से पालन करने की अपील की ईद उल फितर प्रदेशभर में आज ईद उल फितर का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने प्रदेशवासियों को ईद उल फितर के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी श्री रावत ने कहा कि ईद उल फितर आपसी भाईचारे और सौहाई का संदेश लेकर आता है खुशियों का यह त्यौहार सामाजिक एकता को मजबूत करने के साथ ही भाईचारे की भावना को भी बढ़ाता है इस बीच ईद का त्यौहार चम्पावत के विभिन्न स्थानों में सादगी से मनाया गया इस अवसर पर लोगो ने कोरोना संक्रमण को देखते हए घरों से ही नमाज पढ़ी हरिद्वार के क्षेत्राधिकारी अभय प्रताप सिंह ने बताया की लोगों ने कोरोना महामारी के हालातों को देखते हुए प्रशासन को सहयोग दिया जिससे पुलिस और प्रशासन को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा

साथ ही दो गज की दूरी मास्क और सैनिटाइजर आदि का भी प्रयोग किया गया इस बीच प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं

इस अवसर पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने देश विदेश के श्रद्धालुओं को यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने पर बधाई दी है मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के द्र ष्टिगत इस बार चारधाम यात्रा पर यात्रियों को अनुमति नहीं दी गई है श्री रावत ने श्रद्वालुओं से घर पर ही श्रद्वाभाव से आराधना करने का अनुरोध किया है इस दौरान गढ़वाल आयुक्त और उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविनाथ रमन ने कहा कि श्रद्वालुओं को वर्चुअल माध्यम से दर्शन हो इसके लिए वेबसाईट और अन्य माध्यमों को अपडेट किया जा रहा है बागेश्वर बागेश्वर के जिलाधिकारी विनीत कुमार ने कहा है कि जिले में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए टेस्टिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा हैं और आवश्यकतानुसार ऑक्सीजन बेड कोविड केयर सेंटर बढ़ाये जा रहे हैं उन्होने उपजिलधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में एंटीजन टेस्ट बढाने के भी निर्देश दियें है

उन्होंने कहा कि वर्तमान में बागेश्वर में सौ बेड की क्षमता वाला कोविड केयर सेंटर संचालित हो रहा हैं इसके अतिरिक्त ब्लॉक और सब डिविजन स्तर पर भी संचालित करने की दिशा मे कार्य किया जा रहा हैं

जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में सीएसआर के माध्यम से ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट लगाने का प्रयास किया जा रहा हैं जो इस माह के अंत तक जिला चिकित्सालय में लगाया जायेगा उन्होंने कहा कि कोविड लक्षण वाले व्यक्तियों को तत्काल मेडिकल किट उपलब्ध हो इस दिशा में भी कार्य किया जा रहा हैं ऋषिकेश विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने आज ऋषिकेश स्थित आईडीपीएल के ऑक्सीजन गैस प्लांट का निरीक्षण किया

श्री अग्रवाल ने कहा कि कोरोना संक्रमण की इस महामारी में जहां पूरा देश चुनौतियों से जूझ रहा है वहीं इस ऑक्सीजन प्लांट के शुरू होने से बहुत से लोगों का जीवन बचाया जा सकता है उन्होंने कहा कि वर्तमान में सबसे बड़ी आवश्यकता जीवन रक्षक दवाइयों और ऑक्सीजन की ही है रक्तदान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा डोईवाला के शहीद दुर्गा मल्ल डिग्री कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जहां हिमालयन हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टरों की देखरेख में तमाम कोविड प्रोटोकॉल और सावधानियों को ध्यान में रखते हुए इस रक्तदान किया गया